प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि योग एकता के लिए शक्ति के रूप में उभरा है और ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता

कुरूक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मसरोवर में च्नींदा साध्ओं ने इस अवसर पर ड्बकी लगाई

आज विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया देश में कार्यक्रमों की श्रूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश से हई उन्होंने कहा कि योग लोगों को जोड़प्रा है और भाईचारे का संदेश देता है श्री मोदी ने कहा कि योग एकता के लिए शक्ति के रूप में उभरा है और किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग लिंग धर्म और राष्ट्र ही हदों से ऊपर है योग पृथ्वी को खृश्हाल रखने की हमारी चेष्टा को बढ़ाता है

श्री मोदी ने कहा कि योग हमे सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं देता बल्कि मानसिक संतुलन और जज्बाती स्थिरता को बढ़ाता है उन्होंने कहा िक योग हममें आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व को योग की क्षमता का एहसास हो गया है और कोविड संक्रमित लोग से फायदा ले रहे है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को श्भकामनायें दी है उन्होंने एक टवीट में कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व को भारत की एक बड़ी सौगात है

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भी लोगों और नेताओं ने अपने घरों में रहकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी उन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में योगाभ्यास किया और प्रदेशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग साधना की प्ररेणा दी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने निवास स्थान पर योग किया और उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी

झज्जर से भी योग दिवस लोगें ने घर पर ही रहकर मनाया और योगाभ्यास किया डी सी जितेन्द्र कुमार ने घर में योग क्रियाएं की और सोशल मीडिया के जरिये लोगों तक पहंचे रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजीटल प्लेटफार्म पर मनाया गया

इस बार का थीम विषय योग एट होम विद फैमिली था जिसका पालन करते हये भिवानी निवासियों ने घर पर योग किया पंचकला में आय़ष आयुष विभाग ने सोशल मीडिया पर लाइव योगाभयास करवाया जिसे देखते हये प्रदेश भर में लोगों ने योग किया यहां के परेड ग्राउंड में स्बह आय्ष विभाग ने योगाभ्यास का आयोजन किया

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने प्रदेशवासियों को हये विश्व योग दिवस की शुभकामनायें दते हये कहा कि योग हमारी प्राचीन प्रमाणिक चिकित्सा पदवति है जो मानसिक व शारीरिक विकास के लिए अहम है

जगाधरी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने परिवार के सदस्यों के साथ योगासन किया उन्होंने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ् व मन को शांत रखने में सहायक है आज हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में सूर्य ग्रहण का नजाया देखने को मिला

यहां भी सूर्य आग के गोल छल्ले की तरह दिखाई दिया यम्नानगर सिरसा में सूर्यग्रहण देखने को मिला अमृतसर सहित पंजाब व चंडीगढ़ में भी सूर्यग्रहण का आर्कषक दृश्य लोगों को देखने को मिला हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज सूर्य ग्रहण के दौरान क्रूक्षेत्र के ब्रह्मसरोबर में आयोजित सात्विक अन्षठान से विश्व का कल्याण होगा और प्रदेश देश कोरोना महामारी से मुक्त होगा उन्होंने चंडीगढ़ से ऑन लाइन तरीके से क्रूक्षेत्र में एकत्रित साध् संतों से बातचीत की और मंगल कामना की

आज इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगा था जो समय के हिसाब से भी लम्बा था सिरसा से भी इस दौरान रिंग आफ फायर के नज़ारे आसमान मे देखने को मिले

यम्नानगर में भी सूर्यग्रहण के अवसर पर आज श्रदवाल् घरों पर ही रहे सूतक लगने के कारण यहां के प्राचीन मंदिरों को बंद रखा गया और श्रदवाल़ओं ने एक दसरे से दूरी बनाये रखते हये यमुना नदी व यमुना नहर में स्नान किया और दान दक्षिया दी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्व भिवानी में आज सूर्यग्रहण के कारण सभी मंदिर बंद रहे और श्रद्वालुओं ने घर से ही सूर्य और अन्य देवों की अराधना की यहां के मंदिर के प्जारी चरणदास ने बताया कि छोटी काशी यानि भिवानी में सूर्यग्रहण के चलते मंदिरों के पर बंद रखे गये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में कहा कि कोरोना के हालात सामान्य हये तो हरियाणा में समय पर पंचायत राज च्नाव करवाये जायेंगे उन्होंने अधिकारियों को इस च्नाव की तैयारियों के सम्बध में दिशा निर्देश दिये है ताकि वे अविलंव करवाये जा सके पत्रकारों को सम्बोधित करते हये दृष्यंत चौटाला ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और इसे नियमित रूप से अपनाने का आहवान किया श्री चौटाला ने कहा कि बरोदा उप चूनाव जे जे पी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेगे और पिछले सात माह से प्रदेश में गठबंधन सरकार मजबूती से चल रही है

आज विश्व संगीत दिवस भी है केन्द्रीयसूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर अपनी श्भकामनाये दी है एक टवीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि संगीत जीवन का सबसे बड़ा आनंद है उन्होंने कहा कि संगीत सुनकर लोग अपने जीवन का बेहतरीन समय ग्ज़ारते है और हमें ख्शी देता है

सीआईए डबवाली पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान ब्डानिया थैहड करीवाला क्षेत्र से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को इन चीजों के साथ काबू किया है